वहीं प्रदेश में भी साढ़े चौदह हजार से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी

आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों

कंपनी अभी पहले चरण का मानव परीक्षण कर रही है

यह परीक्षण दो चरणों में होगा

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर लेंगे

श्री कुलस्ते इस दौरान मंडला जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे

निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के विषय में राय मांगी है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उप चुनाव होने हैं

आयोग ने कहा कि मास्क पहनना सुरक्षित दूरी बनाए रखना भीड वाले आयोजनों पर प्रतिबंध लोगों के तापमान की जांच और सेनिटाइजेशन जैसे अनेक सतर्कता उपाय किये गये हैं आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचार और सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

राज्य में कुल संक्रमित मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से काफी कम है

जो वर्तमान में सीआईडी में तैनात थे

वहीं शहडोल जिले में पिछले चार दिनों से कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है जिले में ढाई सौ से अधिक लोगों के सैपल जांचे जा चुके थे सीहोर जिले में कोरोना संकमण तेजी से फैल रहा है

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवती अमावस्या पर क्षिप्रा नदी पर होने वाले पर्व स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है

इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेगीं गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि हम कोरोना महामारी पर नियंत्रण में जुटे हैं इसको देखते हुए हर रविवार प्रदेश में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है

जिले की नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में अति आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध मेडीकल स्टोर पेट्रोल पंप आवश्यक वस्तुओं की डिलेवरी की व्यवस्था जारी रहेगी उधर बैतूल में लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है मंडला जिला कलेक्टर हर्षिता सिंह ने कहा कि जिले में भी कल लॉकडाउन रहेगा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

सतना जिले में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं जिससे मौसमी बीमारियां भी बढ रही है शहडोल पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है

सीहोर जिले में डेगू और मलेरिया रोकथाम और जन जागरूकता के लिये रथ के जरिये बचाव और सावधानियां के संबंध में जानकारियां दी जा रही है

गुना जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों में व्यवस्थाओं और स्वच्छता का जायजा लिया